प्रदेश सरकार द्वारा सोलर फोटोवोल्टाइक इरीगेशन पम्प लगाने के लिए सत्तर प्रतिशत तक का दिया जायेगा अनुदान

भारत दर्शन यात्रा ट्रेन रामायण एक्सप्रेस कल पहंची अयोध्या साध् संतों ने तीर्थयात्रियों का गर्मजोशी से किया स्वागत अयोध्या में प्रसिद्ध कार्तिक पूर्णिमा मेले की चौदह कोसी परिक्रमा आज प्रातः हुई शुरू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शांतिपूर्ण मुक्त और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र की भारत की परिकल्पना को दोहराते हुए समुद्री सहयोग सुदुढ़ करने और संतुलित क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी की आवश्यकता पर जोर दिया है सिंगापुर में कल तेरहवें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में उन्होंने यह बात कही सिंगापुर की दो दिन की यात्रा पूरी कर श्री मोदी कल नई दिल्ली पहुंच गए हैं सम्मेलन से पहले आसियान के दस देशों और भारत अमरीका रूस ऑस्ट्रेलिया दक्षिण कोरिया चीन जापान और न्यूजीलैंड के नेताओं ने दोपहर के भोजन के दौरान अनौपचारिक बातचीत की उद्घाटन भाषण में अधिवेशन के वर्तमान अध्यक्ष सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सियेन खुंग ने बताया कि सभी नेताओं के बीच अच्छी वार्ता हुई इससे पहले प्रधानमंत्री ने आसियान मास्त अनौपचारिक सम्मेलन में आसियान नेताओं के साथ विचार विमर्श किया उन्होंने इस बैठक को बड़ी उपयोगी बताया प्रघानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत के आसियान के साथ मजबूत संबंघों से दुनिया में शांती और खुशहाली की संमावना बढ़ रही है बाद में श्री मोदी भारत के बीस एनसीसी कैंडेट्स से मिले कैडेटों के अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत सिंगापुर गए इन कैडेटों ने प्रघानमंत्री के साथ अपने यादगार अनुमव साझा किए प्रदेश सरकार द्वारा सोलर फोटोवोल्टाइक इरीगेशन पम्प लगाने के लिए सत्तर प्रतिशत तक का अनुदान दिया जा रहा है कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने लखनऊ में बताया कि दो से तीन हार्स पॉवर के सोलर पम्प पर सत्तर प्रतिशत का अनुदान तथा पांव हार्स पॉवर के सोलर पम्प पर चालीस प्रतिशत का अनुदान दिया जायेगा श्री शाही ने कहा कि सोलर पम्प लगवाने के इच्छुक किसान दस दिसम्बर तक कृषि विमाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराते हुए अपने अंश की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जमा कर दे उन्होने कहा कि यह अनुदान पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जायेगा दो हार्स पॉवर के लिए पचास हजार आठ सौ बीस तीन हार्स पॉवर के लिए अस्सी हजार नौ सौ छियानवे तथा पांच हार्स पॉवर के लिए दो लाख पांच हजार दो सौ रूपये का ड्राप्ट कृषक अंश के रूप में जमा कराना होगा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष सुशील चन्द्र ने कहा है कि इस साल अब तक छह करोड़ से अधिक लोगों ने आयकर रिटर्न दाखित किया है जो पिछले वर्ष के मुकाबले चौवन प्रतिशत अधिक है उन्होंने नई दिल्ली में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में सीबीडीटी मंडप का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों को यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि वर्ष दो हजार सत्रह अट्ठारह के दौरान प्रत्यक्ष करदाताओं की संख्या बढ़कर छह करोड़ पचासी लाख हो गई सीबीडीटी अव्यक्ष ने बताया कि नोटबंदी से देश का कर आधार बढ़ाने में मदद मिली है केन्द्रीय शहरी और आवास मंत्री हरदीप सिंह पूरी ने कहा है कि केंद्र सरकार घर खरीदने वालों के हितों की सुख्वा के लिए प्रतिबद्व है कल नई दिल्ली में एक समारोह में श्री पुरी ने कहा कि भूसंपदा नियामक प्राधिकरण रेरा भूसंपदा उर्द्योग में मौजूद अनियभितताओं को दूर कर रहा है और इससे भू संपदा उद्योग में सकारात्मक बदलाव दिखाई पड़ रहे हैं कानपुर के चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में चल रही तीन दिवसीय यूपी डिफेंस एक्सपो में दूसरे दिन कल कई विषयों पर सेमिनार का आयोजन किया गया वक्ताओं ने युवाओं का स्टार्टअप के लिए आगे आने का आहवान करते हुए सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए कहा

डिफ्रेंस एक्सपो का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र की जरूरतों को प्ररा करने हेतु प्रदेश के निजी क्षेत्र के उद्यमियों का सहयोग प्राप्त करना है एक्सपो में एचएएल डीआरडीओ सहित रक्षा जरूरतों से संबंधित कई स्टॉल लगाये गये हैं

महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कहा है कि प्रतिमाह पन्द्रह हजार रुपये से अधिक आय अर्जित करने वाली महिलाओं को छबीस सप्ताह के मातृत्व अवकाश में सात सप्ताह के वेतन की राशि सरकार नियोक्ताओं को देगी सरकार ने यह फैसला इन शिकायतों के मद्देनजर लिया है कि कई कंपनियां मातृत्व अक्काश बारह सप्ताह से बढ़ाकर छब्बीस सप्ताह किए जाने के बाद गर्भवती महिलाओं को नौकरी देने से कतराने लगी हैं और कुछ ने तो उन्हें नौकरी से निकाल भी दिया है

भारत दर्शन यात्रा ट्रेन रामायण एक्सप्रेस के कल अयोध्या पहुंचने पर वहां के साधु संतों ने तीर्थयात्रियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया देशमर के विभिन्न स्थानों से इस ट्रेन पर लगभग आठ सौ दर्शनार्थी सवार थे यह विशेष रेलगाड़ी भगवान श्रीराम के जीवन कथा से जुड़े विभिन्न स्थानों पर जायेगी दर्शनार्थियों ने केन्द्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि इस विशेष रेलगाड़ी के माध्यम से हमारे आराध्य मर्यादा पुरूषोत्तम राम से जुड़े विभिन्न स्थानों को देखना संभव हुआ है छत्तीस घंटे यहां प्रवास के बाद यह रेलगाड़ी आज सांय यहां से रवाना होगी तथा तीर्थयात्री अन्य स्थानों याराणसी प्रयाग तथा चित्रकूट में भगवान राम से जुड़े स्थानों के दर्शन कर सकेंगे इस बीच अयोध्या में प्रसिद्ध कार्तिक पूर्णिमा मेले का प्रथम चरण चौदह कोसी परिक्रमा कड़े सुरक्षा के बीच आज प्रातः शुरू हो गया जो कल सुबह तक चलेगा इस अवसर पर बड़ी संख्या में सरयू स्नान के बाद श्रद्दालु राषजन्ममूमि कनक भवन हनुमानगढ़ी आदि मंदिरों में दर्शन पूजन कर रहे हैं और नागेश्वरनाथ महादेव को अभिषेक करने के लिए श्रद्वालुओं की भीड़ जुटी हुई हैऔर विक्रण हमारे फैजाबाद प्रतिनिधि से गोपाप्टमी और अक्षय नवमी की संधि बेला होते ही लाखों श्रद्धालुओं ने अयोध्या की धूल माथे लगा चौदह कोसी परिक्रमा उठाई और देखते ही देखते बावन किलोमीटर लम्बा परिक्रमा मार्ग श्रद्धाल्ओं से बर गया सम्पूर्ण परिक्रमा मार्ग पर धार्मिक जयघोष महिलाओं के परम्परागत गीत और संत महत साध्यों के भजन कीर्तन लगातार गुंजायमान हो रहे हैं नगे पाँव श्रद्दाल्यों के बीच संतों की टोलियां परिक्रमार्थियों को उर्जा प्रदान कर रहीं है तो धार्मिक आस्था की डगर में महिलाओं बच्चों के साथ साथ वेयोवद्ध भी शामिल है स्वयंसेवी संगठनों ने जगह जगह शिविर लगाये हैं और प्रशासन क्लोस सर्किट टी वी के माध्यम से सम्पूर्ण मेला क्षेत्र पर नजर रखे हुए है

सैलानियों ने भ्रमण के लिए यहां चूका बीच पर हटों को पहले ही आरक्षित करा लिया है लखनऊ स्थित साक्षरता भवन में कल से फिल्म एवं टेलीविजन इंस्ट्टीयूट ऑफ इंडिया एफटीआईआई की लगभग तीन सप्ताह तक चलने वाली कार्यशाला शुरू हुई कार्यशाला का शुभारम्भ संस्थान के निदेशक भूपेन्द्र कैथोला ने किया श्री कैथोला ने बताया कि यह अपनी तरह की पहली कार्यशाला है और इस कार्यशाला में देशमर से चुने गये फव्वीस युवा प्रशिक्षण ले रहे हैं